भाजपा ने राज्य सरकार से निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की दर तय करने की मांग की प्रदेश कांग्रेस ने भी किया समर्थन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सितंबर में होने वाली जेईईमेन्स और नीट के लिए परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई राज्यभर में आज से अगले अड़तालीस घंटों तक जोरदार बारिश का अनुमान वजपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी

राज्य में संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बतीस हजार एक सौ चौहतर हो गया है कल सात सौ पचीस मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हुये राज्य में कल बारह लोगों की मौत भी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिब् सोरेन को बेहतर इलाज के लिए कल देर शाम मेदांता अस्पताल गुरुग्राम ले जाया गया शिब् सोरेन कोरोना संक्रमित हैं कल शाम उन्हें बोकारो रेलवे स्टेशन से भुनेश्वर राजधानी ट्रेन से दिल्ली भेजा गया इससे पहले उनका मेदांता रांची में इलाज चल रहा था इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि गुरुजी कोरोना संक्रमित हैं पिछले एक साल से उनका स्वास्थ्य जांच भी नहीं हो पाया है इसलिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए एहतियातन मेदांता गुरुग्राम ले जाया गया है मुख्यमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की दर तय करने की मांग की है प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्यभर से प्रतिदिन निजी अस्पतालों की मनमानी की शिकायतें आ रही हैं उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों की तरह कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की दर झारखंड सरकार को भी जल्द तय करनी चाहिए

उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना संकमण के इलाज की दर जल्द निर्धारित नहीं होगी तो प्रदेश भाजपा आंदोलन करेगी इधर प्रदेश कांग्रेस ने भी कहा है कि आपदा में निजी अस्पतालों को बेहिसाब मुनाफा कमाने की छूट नहीं मिलेगी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे एवं राजेश गुप्ता ने कहा है कि कोरोना के इलाज और जांच के लिए उचित शुल्क निर्धारित होना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए और उसका लाइसेंस रद्द कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए रामगढ़ जिले में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर उपाय किये जा रहे हैं प्रशासन की ओर से पांच सितंबर तक विशेष कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है जिले के अलग अलग प्रखंडों में कोरोना जांच शिविर में अब तक कुल एक हजार बासठ लोगों के सैंपल लिये गए हैं

पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिले के विभिन्न अस्पतालों में जिला प्रशासन ने डायलिसिस की व्यवस्था की है

सीएम की स्वीकृति के बाद राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है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

इस साल करीब साढ़े आठ लाख परीक्षार्थियों ने जेईई मेन्स के लिए और लगभग सोलह लाख विद्यार्थियों ने एनईईटी यूजी के लिए पंजीयन कराया है परीक्षा कक्ष में उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जेईई मेन्स के उम्मीदवारों को एक सीट खाली छोड़कर बैठाया जाएगा परीक्षा केन्द्रों के बाहर सामाजिक दूरी के नियम का पालन के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है जेईई मेन्स परीक्षा एक सितंबर से छह सितंबर तक और एनईईटी यूजी तेरह सितंबर को आयोजित की जा जानी हैं सांसद समीर उरांव ने राज्य के नाई समाज के बीच बढ़ती आर्थिक तंगी पर गहरी चिंता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि सैलून और हजामत की दुकानें बंद होने के कारण नाई समाज के बीच भुखमरी की समस्या है उन्होंने राज्य सरकार से नाई समाज को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है साथ ही उन्होंने समाज के कमजोर तबके के लोगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की मांग की है

मुख्यमंत्री ने राज्य में कर्मठ बैंकिंग कॉरसपोंडेंट की समुचित भागीदारी के माध्यम से लाभार्थियों को गांव घर तक राशि पहुंचाने का निर्देश दिया है साथ ही कहा कि अकारण कोई भी लाभार्थी को अपने अधिकार के लिए परेशान नहीं होना पड़े

वह अपनी मां को दो बार रंका स्थित जेआरजीबी बैंक लेकर आया लेकिन बैंक वालों ने कोरोना संक्रमण का भय बता कर बैंक में प्रवेश नहीं करने दिया विगत छह माह से वृद्व महिला की वृद्वापेंशन भी बंद है दुमका जिले में इस साल फसल आच्छादन के लक्ष्य से अधिक होने के आसार हैं

मौसम विभाग ने राज्यभर में आज से अगले अड़तालीस घंटों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है आज रांची बोकारो गुमला हजारीबाग खूंटी रामगढ़ पलामू गढ़वा चतरा में भारी बारिश की संभावना है जबकि कल लातेहार लोहरदगा कोडरमा पलाम गढ़वा चतरा पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा सरायकेला खरसावा देवघर धनबाद दुमका गिरिडीह गोड्डा जामताड़ा पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश होने का अनुमान है मौसम विभाग के निदेशक डॉ एसडी कोटाल ने बताया कि उत्तर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का चक्रवातीय क्षेत्र बन रहा है यह चक्रवातीय क्षेत्र अगले दो दिनों तक बना रहेगा जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक के लिए झारखंड में वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है विभाग के मुताबिक तीन दिनों तक राज्य में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा संक्षिप्त खबरें गिरिडीह जिले के डुमरी थाना के कलहाबार गाँव में बन रहे एक डिग्री कॉलेज के निर्माण में लगे दो वाहनों में कल शाम आग लगा दी गई मामले की जांच की जा रही है रामगढ़ थाना में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिसकर्मी को मांडू थाना में पदस्थापित प्रशिक्ष् पुलिसकर्मी के साथ यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया है वहीं मामले में मांडू थाना प्रभारी राम वृक्ष प्रसाद को भी निलंबित कर दिया गया है

जिले में अबतक छह सौ सोलह मामले आ चुके हैं तीन सौ आठ मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि तीन सौ एक मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं गोड़डा जिले के किसानों के बीच सोलर पंप का वितरण और उसे लगाने का कार्य शुरू हो गया है

अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन को ग्रुरुग्राम स्थित मेदांता ले जाने की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है शिबू सोरेन की हालत स्थिर इलाज के लिए दिल्ली रवाना शीर्षक से हिन्दुस्तान ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है प्रभात खबर ने जेईई मेन्स और नीट के परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है गरीबों पर कोरोना महामारी की पड़ी सबसे ज्यादा मार शीर्षक से दैनिक जागरण ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पर लिया है दैनिक भास्कर ने बस संचालकों की परेशानी को अपनी पहली खबर बनाया है

रांची एक्सप्रेस ने पांच लाख के ईनामों माओवादी समेत सात नक्सलियों की गिरफ्तारी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है